मुख्यमंत्री वित्तमंत्री समेत कई अन्य नेता अंतयेष्टि में हुए शामिल

प्रवासी लोगों न् को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने उठाया कदम

इसमें से दो कटकमसांडी प्रखंड की प्रसूता महिला शामिल हैं

दोनों महिलाओं के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद दोनों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया दोनों के नवजात भी उन्हीं के साथ रहे सुरक्षा को ध्यान में रखकर दोनों ने अपने अपने नवजात को स्तनपान भी कराया बावजूद नवजात कोरोना से बचे रहे

पिछले बारह घंटे में तीन कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है जिसमें जामंषेदपुर जामताड़ा और धनबाद से एक एक मरीज मिले हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्य दर तीन दशमलव तीन शुन्य प्रतिशत से घट कर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है जो विश्व में सबसे कम है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में एक लाख की जनसंख्या में दस दशमलव सात लोग ही संक्रमित हुए इसकी तुलना में विश्व में एक लाख की आबादी पर उनहत्तर दशमलव नौ लोग संक्रमित हुए

उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है लातेहार जिला पहुंचने पर रिसीविंग सेंटर में स्वास्थ्य जांच के बाद उन सभी को सरकारी क्वारंटीन में रेखा गया था उपायुक्त कमर ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाये गये सभी व्यक्तियों को राजहार स्थित कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दामोदर नदी के तट पर किया गया अंतिम यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिब् सोरेन प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मंत्री बादल पत्रलेख सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित दर्जनों गणमान्य लोग और सैकड़ों की संख्या में बेरमो के लोग शामिल हुए

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह उनके पिता के समान थे

मुख्यमंत्री ने कहा श्री सिंह बेरमो ही नहीं पूरे प्रदेश में लोकप्रिय थे प्रदेश को अपूरणीय क्षति हई है

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता कृषि मंत्री बादल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कमार ठाक्र प्रदेश प्रवक्ता आलोक कमार दूबे लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने भी पार्थिव शरीर पर प्रष्प अर्पित किया

उन्होंने साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी उपायुक्त ने रांची के कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी का भी दौरा किया इसके बाइ उन्होंने हिंदपीढ़ी के क्छ इलाकों को कंटेनमेंट जोन से बफर जोन में रखने की अनुमति दी

शीर्ष पांच राज्य जहां सबसे ज्यादा ट्रेनें पहुंची हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेष में एक हजार दो सौ पैंतालीस और बिहार में आठ सौ छियालीस ट्रेनें पहुंची

सरायकेला खरसावां जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुलडीहा में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन के अध्यक्षता में दिव्यांगों एवं अत्यंत जरूरतमंद लोगों के बीच सामग्री जिसमें सुखा अनाज एवं रोजमर्रा की जरूरी चीजों का वितरण किया गया

इसकी सहमति मुख्मंत्री हेमंत सोरेन ने दी मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में रोजगार सुजन की दिशा में कुछ कठोर कदम उठाए जाएं ताकि प्रवासी मजदूरों को भी राज्य में ही रोजगार मिल सके

वहीं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धनबाद नगर निगम में ई गवर्नेस कार्यों हेतु कंप्यूटर सामग्रियों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कमार तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कमार प्रसाद और अनिल क्मार यादव के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है

इन दो केंद्रों में दिल्ली मुंबई व गुजरात से लाए गए दर्जनो प्रवासी मजदूर कोरोंटीन पर हैं

संगठन प्रभारी श्री केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोनावायरस से संघर्ष कर रही है

लेकिन झारखंड समेत पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में लॉक डाउन समाप्ति के उपरांत ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है

ग्रामीणों ने नबाब ड्योढी क्षेत्र से एक आरोपी को पकड़ा और पुलिस को इसकी जानकारी दी

आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ के के सती देवी ने कहा है कि झारखंड समेत चंडीगढ राजस्थान हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले दो और तीन दिन में लू का प्रकोप जारी रह सकता है